स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज रात नई दिल्ली से दो देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं

जयराम ठाकुर वहां पर होने वाले रोडशो के दौरान संबंधित सरकार के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ चर्चा भी करेंगे माना जा रहा है कि उनका ये दौरा धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वैस्टर मीट को ध्यान में रखकर तय हुआ है शांता कुमार इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा है कि ये पहला मौका है जब प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पर्यटन और उद्योग नीतियों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है एक बयान में उन्होंने उम्मीद जताई कि धर्मशाला का निवेशक सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और प्रदेश में उद्योग लगने से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सकेंगें शांता कुमार ने कहा कि ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस छोटे से राज्य से अनुराग ठाकुर केन्द्र में मंत्री बनाए गए हैं

पहले केवल छोटे और सीमांत किसानों को यह लाभ देने का फैसला किया गया था केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को भी कहा है परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं से जुड़े कार्यो को समयबद्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं पालमपूर क्षेत्र के ननाओं में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के निर्धनतम व्यक्ति के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है परमार ने कहा कि राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके उन्होंने बताया कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क ऊर्जा पेयजल सिंचाई और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है

राज्य व ज़िला स्तर पर नोडल अधिकारियों द्वारा इनकी निगरानी की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग सार्वजनिक सेवा से लाभान्वित हो सकें

उन्होंने उम्मीद जताई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम विकास की गति को तेज़ करने में राज्य सरकार के प्रयासों को और अधिक मज़बूती प्रदान करेगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि मेले हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति व भाईचारे की एकता के प्रतीक हैं और इनका संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है वे आज सोलन ज़िले में कसौली क्षेत्र के चामियां में एक मेले में जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी विशेषकर पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है इससे पहले नाऊ क्षेत्र में एक जनसभा के दौरान राजीव सैजल ने कहा किकसौली विधानसभा क्षेत्र की सड़क शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा विकास से संबंधित अन्य मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा स्वावलम्बन मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना बेरोजगार युवाओं के लिए मददगार साबित हो रही है इस योजना से लाभ लेकर युवा अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं सोलन निवासी अभिनव ने भी स्वावलम्बन योजना का लाभ लेकर अपना सफल व्यवसाय स्थापित किया है अब वे अन्य बेरोज़गार युवाओं को भी अपने कारोबार में रोज़गार प्रदान कर रहे हैं

इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों चारों लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और सभी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्षों को बुलाया गया है प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर बैठक की अध्यक्षता करेंगे

एक सरकारी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र में इस संबंध में प्रकाशित खबर का खण्डन करते हुए ये जानकारी दी है उन्होंने कहा कि सरकार का भविष्य में भी इस तरह के संशोधन करने का कोई विचार नहीं है साईकिल रैली लाहौल स्पिति के घरशा में आयोजित ईको फैस्टिवल के अंतिम दिन यंग ड्रूकपा एसोसिएशन ने बेहतर कल के लिए एक पहल के तहत केलंग में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया

इसमें विदेशी भी शामिल थे

इस मेले में हिमाचली लेखकों सहित देश के विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं इसके अलावा पहली बार मंगोलिया और बोसनिया हर्जेगोविना देशों की पुस्तकें भी प्रदर्शित की गई हैं मौसम प्रदेश के अधिकतर भागों में इन दिनों मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिलने से तापमान में वृद्धि लगातार जारी है राज्य के निचले इलाकों में लोगों को दिन के समय चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है

ऐसे में इन क्षेत्रों में दिन के समय लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है

मौसम विभाग ने कल से आने वाले कुछ दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है

इसकी पहचान राजस्थान में झुंझुनू क्षेत्र के निशांत के रूप में हुई है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार लापता बच्चे का तलाशी अभियान जारी है